प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री नूयेन सुन फूंग के साथ आज वर्चअल शिखर बैठक करेंगे बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और भारत वियतनाम व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देंगे

वियतनाम की उपराष्ट्रपति इस वर्ष फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दशक और आने वाला समय नई चीजों को सीखने और नवाचार का होगा छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास का एजेंडा अधिक विस्तुत और मानव केन्द्रित होना चाहिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है आम लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा देने के साथ संक्रमित बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं राजभवन दुमका में उपायुक्त राजेश्वरी बी और अन्य पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन द्वारा कालाजार उन्मूलन को लेकर तैयार किए गए एक्शन प्लान से संबंधित पुस्तिका मुख्यमंत्री को सौंपी उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में कालाजार उन्मूलन को लेकर घर घर सर्वे कराया जाएगा इस सर्वे में लोगों के घरों में बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी ली जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाजार उन्मूलन को लेकर रांची में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा दुमका राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल आम लोगों की समस्याएं सुनी इस मौके पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा वहीक ई लोगों ने पेंशन नौकरी आवास और मुआवजा समेत कई मांग को लेकर आवेदन दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञापन और आवेदनों पर उचित कार्रवाई की जाएगी श्री सोरेन ने कहा कि दुमका जिले में बिजली पानीसड़क जैसी मूलभूत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार समुचित कदम उठा रही है आम जनता को बेहतर सुविधाए मिले इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

इसका उद्देश्य आम लोगों को विज्ञान के साथ जोड़ना है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए तीस करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है इनमें स्वास्थ्यकर्मी पुलिस सेना और स्वच्छताकर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीका पचास वर्ष से अधिक आयु के लोगों को और पचास वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जायेगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जायेंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं छात्र छात्राओं को कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठने की अनुमति दी गयी है

वहीं दो बैंचों में भी दूरी रखी गयी

शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रांरूप भी जारी कर दिया गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमैट्रिक हाजरी नहीं ली गयी जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया गया है स्कूलों में दो पालियों में कक्षाएं हो रही हैं

मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार मार्च में आयोजित की जानी है जिसे देखते हुए बच्चों की तैयारी कराने की दिशा में कदम उठाया गया है

पतना में श्री सोरेन पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के बरहेट सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंड के कार्यकर्ताओं से मिलकर ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है सुरक्षा को लेकर पंद्रह स्थानों पर दंडाधिकारीयों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है केन्द्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र किसानों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों का खुले मन के साथ समाधान ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है उन्होंने पंत्र में लिखा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे इससे पहले किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया था इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के रतनपुर गांव में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कानून लायी है श्री मरांडी ने कहा की किसान सम्मान योजना और राज्य की किसान आशीर्वाद योजना के कारण गांव गांव के किसान समृद्ध हुए हैं उन्होंने विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए बिना कारण कृषि कानून का विरोध करने का आरोप लगाया

कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जीतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में चार स्वदेशी खेलों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गतका कलरी पयद्द तांग टा और मलखम्ब की स्पर्धाएं भी होंगी खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वदेशी खेलों की समुद्व विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण प्रोत्साहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है प्रतिशत हो गई है अबतक एक लाख दस हजार तीन सौ सात मरीज ठीक हुए है

जबकि राज्य में एक सौ बेरासी मरीज ठीक हुए हैं

इनमें एक हजार सात सौ आठ सक्रिय केस हैं अब तक राज्य में एक हजार दस लोगों की मौत कोरोना से हुई हैं अबतक छियालास लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है कल दस हजार तीन सौ छियासलीस कोविड टेस्ट हुए चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को दोहरी सफलता हाथ लगी है विशेष छापामारी अभियान के दौरान चोरी के बाइक के साथ चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने नीमा मोड इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है गिरफ्तार चोर ने पूछताछ के दौरान थाना क्षेत्र के जगनडीह गांव के जंगल में अवैध रूप से संचालित अवैध शराब भट्टी संचालकों के पास दो चोरी की बाइक बेचने की बात स्वीकारी उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जगनडीह जंगल में भी छापेमारी की और चोरी की दो अन्य बाइक और भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जप्त की मौके पर पुलिस ने तस्करों द्वारा संचालित शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया हालांकि इस दौरान शराब भट्टी संचालक भागने में सफल रहे